इससे पहले आज सुबह उनका पार्थिव शरीर साहेबगंज लाया गया यहां उन्हें विधायक अनंत ओझा डीआईजी नरेंद्र कुमार सिंह उपायुक्त वरुण रंजन और पुलिस अधीक्षक अनुरंजन किस्पोद्दा समेत जिला प्रषासन के अधिकारियों ने श्रद्धांजलि अर्पित की शहीद कुलदीप उराव साहेबगंज जिले के जिरवाबड़ी के रहने वाले थे कुलदीप सीआरपीएफ की क्विक एक्शन टीम के सदस्य थे और वे श्रीनगर में तैनात थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम सेवा ही संगठन कार्यक्रम के तहत पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को ऑनलाइन संबोधित करेंगे इस मौके पर प्रधानमंत्री कोरोना काल में पार्टी द्वारा किए गए सेवा कार्यों की चर्चा करेंगे प्रदेश भाजपा की ओर से कार्यक्रम सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म में प्रसारित किया जाएगा रांची स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी समेत कई सांसद एवं विधायक मौजूद रहेंगे पांच जुलाई को कोरोना संकट के दौरान गरीबों और जरुरतमंदों को मदद करने वाली संस्थाओं और संगठनों से जुड़े लोगों को सम्मानित भी किया जाएगा भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी का गठन कर लिया गया है पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने बताया कि कार्यकारिणी के विभिन्न पदों के लिए एक सौ पांच लोगों की टीम बनाई गई है इसमें आठ प्रदेश उपाध्यक्ष और आठ मंत्री बनाए गए हैं धर्मपाल सिंह प्रदेश संगठन मंत्री समीर उरांव आदित्य साह एवं प्रदीप वर्मा को प्रदेश महामंत्री बनाया गया हैं इसके अलावा युवा मोर्चा कार्यालय सचिव प्रशिक्षण प्रमुख मीडिया प्रभारी और प्रवक्ता के साथ जिला प्रभारियों और उन्नीस जिला अध्यक्ष की घोषणा कर दी गई है रांची विश्वविद्यालय ने अपने विद्यार्थियों को बीमा सुरक्षा योजना से जोड़ने का निर्णय लिया है इसके लिए विश्वविद्यालय ने एक बीमा कंपनी के साथ एमओयू किया है इसके तहत विद्यार्थियों का दो लाख रुपए का सामूहिक दुर्घटना बीमा कराया जाएगा विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर विभागों और अंगीभूत कॉलेजों में मौजूदा सत्र के लगभग चालीस हजार विद्यार्थियों को इस योजना का लाभ मिलेगा इस तरह विद्यार्थियों का बीमा करने वाला रांची विश्वविद्यालय राज्य का पहला विश्वविद्यालय होगा राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद के सदस्य रविंद्र तिवारी ने कहा कि कोरोना संकट और लॉकडाउन को देखते हुए बिना हेलमेट या बिना सीट बेल्ट गाड़ी चलाने वालों से जुर्माना वसूला जाए उन्होंने कहा कि शहर में सड़क दुर्घटनाओं को लेकर उन्नीस ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए गए हैं उन्होंने बताया कि पारडीह से डिमना चौक तक सड़क और नाला निर्माण का काम तीन से चार महीने में पूरा कर लिया जाएगा इस मौके पर सांसद विद्युत वरण महतो भी मौजूद थे रामगढ़ जिले में लगभग तीस हजार श्रमिकों के बीच शर्ट पैंट और साड़ी का वितरण किया जा रहा है इस सिलसिले में श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग की ओर से आयोजित कार्यक्रम में रामगढ़ और मांडू प्रखंड के श्रमिकों के बीच कल कामगारों को पैंट शर्ट एवं साड़ी दी गयी इस मौके पर विधायक ममता देवी और जेपी भाई पटेल के साथ नगर परिषद एवं छावनी परिषद के अध्यक्ष मौजद थे

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी की हजारीबाग टीम ने कोडरमा जिले के मरकच्चो प्रखंड के पंचायत सेवक विजय शर्मा को बारह हजार रुपए घुस लेते रंगेहाथ गिरफ्तार किया है पंचायत सेवक के खिलाफ मनरेगा योजना के तहत कृप निर्माण की एक योजना में बिल पारित कराने के नाम पर रिश्वत मांगे जाने की एक लाभुक ने शिकायत दर्ज कराई थी

अब इंजीनियरिंग में दाखिले के लिए जेईई मेन्स एक से सोलह सितंबर तक ली जाएगी जबकि जेईई एडवांस सताईस सितंबर को होगी

राज्य में पिछले चौबीस घंटों के दौरान इकहतर नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं जबकि चौबीस लोगों को उपचार के बाद अस्पतालों से छट्टी दे दी गई नए मरीजों में सबसे ज्यादा मामल रांची जिले से सामने आये हैं यहां से मिले सताइस मरीजों में पांच थानों के पांच पुलिसकर्मी और एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी शामिल हैं नामक्म स्थित आर्मी हॉस्पिटल में छह जवानों की भी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है इसके अलावा पूर्वी सिंहभूम में सोलह पष्चिमी सिंहभूम में तीन सरायकेला खरसावा में एक कोडरमा में आठ गिरिडीह में तीन गढ़वा में तीन दुमका में तीन लातेहार में दो पलामू में दो और धनबाद में तीन कोरोना संक्रमित मिले हैं उधर कोल्हान क्षेत्र में तीन खनन पदाधिकारियों को कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद पष्विमी सिंहभूम के डीसी अरवा राजकमल और पुलिस अधीक्षक इंद्रजीत महथा भी होम क्वारेंटाइन में चले गए हैं किर्गिस्तान से हजारीबाग लौटे दो मेडिकल छात्रों सहित चार लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं इन सभी को इलाज के लिए कोविड अस्पताल में भर्ती कराया गया है गौरतलब है कि किर्गिस्तान से वापस आए दोनों छात्रों को क्वारेंटीन में रखा गया था जबकि अन्य दो हजारीबाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती थे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

इस सिलसिले में गुप्त सुचना मिलने के बाद रांची के अनुमंडल पदाधिकारी के नेतृत्व में बनी टीम ने अरगोड़ा थाना क्षेत्र के हरमू स्थित एक मकान में छापेमॉरी कर भारी मात्रा में गूटखा बरामद किया बाजार में गूटखे की कीमत लगभग अस्सी लाख रुपए आंकी गई है वहीं चतरा जिले के वशिष्ठनगर थाना क्षेत्र में वाहन चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस ने सात क्विंटल गांजा बरामद करने के साथ वाहन के उप चालक को गिरफ्तार कर लिया जबकि चालक और तस्कर फरार हो गये बाजार में गांजे की कीमत लगभग पचास लाख रुपए आंकी गई है लोहरदगा जिले में बाहर आए प्रवासी मजदूर कृषि कार्य में जुट गए हैं

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज धम्म चक्र दिवस का उद्घाटन करते हुए कहा कि भारत में बौद्व धर्म को एक नई अभिव्यक्ति के रूप में देखा जाता है यह दिवस गुरु पुर्णिमा दिवस के रूप में मनाया जाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्च्यअल बौद्ध सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि यह दिन गुरुओं को याद करने का है भगवान बुद्ध के संदेश आज भी प्रासंगिक हैं भगवान बुद्ध की शिक्षा एवं विचार दोनों में सरलता का भाव है उन्होंने कहा कि बौद्व धर्म सम्मान करना सिखाता है श्री मोदी ने कहा कि दुनिया आज कई चुनौतियों से जूझ रही है और युवा इन वैश्विक समस्याओं का समाधान ढूंढ रहे हैं

एक कार के अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराने की वजह से यह हादसा हआ

इसके तहत हर सखी मंडल को पन्द्रह पन्द्रह हजार रुपए मिले हैं

अब पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी थानों में जाकर पीड़ितों के समक्ष उनके मामलों की समीक्षा करेंगे